और श्योपुर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नाज़िरा खान कल नई दिल्ली में कोविड वूमन वारियर्स पुरस्कार से होंगी सम्मानित कृषि कानून पीएम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज आश्वस्त किया कि सरकार कृषि कानूनों के मुद्दे पर ख्ले दिमाग से आगे बढ रही है

संसद के बजट सत्र पर सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने दोहराया कि कृषि मंत्री बातचीत को आगे बढाने के लिए केवल एक फोन पर उपलब्ध हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न नेताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सरकार विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है उन्होंने कहा कि सदन में व्यापक बहस को संसद का सुचारू कामकाज आवश्यक है

सागर में आयोजित कार्यक्रम में श्री चौहान ने योजना के लाभान्वित किसानों से चर्चा भी की

मुख्यमंत्री ने सागर के सिरोंजा में नवीन ऑटोमेटिक साँची डेयरी संयंत्र का लोकार्पण और सांची के नए शुभंकर एवं टैग लाइन का अनावरण भी किया नरसिंहपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला स्तरीय कार्यक्रम में केन्द्रीय इस्पात राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल हुए

कार्यक्रम को देवास से वर्चुअली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने भी संबोधित किया खंडवा गुना सतना सहित सभी जिलों में कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया बजट अपेक्षा केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को आम बजट पेश करेंगी इस बजट से आम से लेकर खास लोगों तक को काफी उम्मीदें हैं वहीं विशेषज्ञ भी मौजूदा परिस्थियों में इसे महत्वपूर्ण बता रहे हैं

इसके बाद ही इन कक्षाओं की परीक्षाओं से लेकर अन्य बातों पर निर्णय होगा पुरस्कार आंगनवाड़ी श्योपुर जिले की आँगनवाड़ी कार्यकर्ता नाजिरा खान को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कोविड वुमन वॉरियर प्रस्कार के लिए चुना गया है

गौरतलब है कि नाजिरा खान श्योपुर जिले के हीरा गाँव की आँगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उन्होंने कोरोना काल में ड्यूटी करने के लिए परिवार का विरोध झेला लॉकडाउन की घोषणा के समय नाजिरा खान स्वयं डेंगू का इलाज करा रही थी लेकिन कोरोना संक्रमण के दौरान उन्होंने कई प्रवासी परिवारों को सरकार की गाईडलाइन के अनुसार क्वारेंटाइन करवाकर उचित इलाज और सहायता पहुँचाई मुख्यमंत्री शिवराज सिह चौहान ने नाजिरा को इस उपलब्धि पर बधाई दी है पुलिस अभियान मंदसौर पुलिस ने आपकी पुलिस आपके गांव अभियान की शुरुआत की है

श्री चौबे राजगढ जिले के जीरापुर के रहने वाले थे